ब्रिटेन यूरोप और पश्चिम एशिया से आने वाली उड़ानों के यात्रियों को छोड़कर सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र जमा करना होगा और कोविड की आर टी पीसीआर जांच की नेगिटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी

वहीं प्रदेश में अब तक लगभग साढ़े सात लाख लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है

श्री शाह ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने विश्वास और आध्यात्मिकता से पूरे विश्व को आलोकित किया तथा उन्होंने अपनी शिक्षा और विचारों के माध्यम से देश को एकजुट किया सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी रामकृष्ण परमहंस को श्रद्धांजलि अर्पित की है

इस बीच दरगाह में आज वसंत उत्सव मनाया जा रहा है परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के एक या दो दिन बाद मजार पर बसंत पेश किया जाता है कल कल की रस्म और जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी इसमें शामिल होने के लिए जायरीन की आवक बढ़ने लगी है क्ल की रस्म के साथ ही उर्स का औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा

किलकारी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मोबाइल से एक वॉयस मैसेज भेजा जाता है इसमें महिला के गर्भवती होने के चार माह से लेकर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक दोनों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने की जानकारी दी जाती है

इसके तहत जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र हैं वहां केंद्र अधीक्षक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ऐप डाउनलोड किया जाएगा

इस प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर डेढ़ घंटे पहले पहुंचना होगा